लॉकडाउन के दौरान छेह महीने तक ऋणों के भूगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों की दूर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि एक नियामक के रूप में बैंक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा महिला समानता दिवस आज महिला समानता दिवस है इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस अवसर पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में उन्होंने महिलाओं के अदम्य साहस को नमन किया और महिलाओं के लिए सम्मान समानता सुरक्षा समान भागीदारी और सशक्तीकरण सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई नोबेल प्रस्कार विजेता और मिशनरीज ऑफ चौरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा की जयंती पर देश आज उन्हे याद कर रहा है वे पीड़ित मानव की सेवा के लिए जानी जाती थीं उन्हें शान्ति के लिए नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था

झाब्आ के बाढ़कृंआ स्थित कोविड केयर सेण्टर में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया

जुलाई सत्र प्रवेश आवेदन ऑनलाइन रखा गया हैं

भोपाल में इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डा उमेश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इस सत्र में विभिन्न विषयों में पैरास्नातक स्नातक तथा डिप्लोमा और प्रमाण पत्र स्तर के पाठयक्रमों में प्रवेश प्रदान किया जा रहा है फास्टैग टॉल केन्द्र सरकार ने पूरे देश के राजमागोँ पर टोल प्लााजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है डिजिटल भूगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गो पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चिवत करने के लिए यह फैसला किया गया है